जीएसटी के तहत व्यापार के पंजीकरण के लिए अब आधार का उपयोग किया जाएगा पहले लोगों को कई दस्तावेज जमा करने होते थे अब आधार के इस्तेमाल से व्यापारियों को अनेक लाभ होंगे

उन्होंने कहा कि कर्नाटक मिजोरम और तेलंगाना के वित्तमंत्री अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके बैठक के बाद राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने पत्रकारों को बताया कि जीएसटी परिषद् ने उन इकाइयों पर दस प्रतिशत का जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी है जो जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचायेंगे उन्होंने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत दाखिल किए जाने वाले वार्षिक विवरण की अंतिम तारीख दो महीने के लिए बढ़ा दी है

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कल बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू इस समिट में भारत के शेरपा होंगे श्री कुमार ने बताया कि यह छठा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में शामिल होंगे श्री मोदी इस दौरान द्विपक्षीय बातचीत के साथ साथ कुछ देशों से बैठक भी करेंगे

मुख्यमंत्री निर्देश प्रदेश में स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित सात नगर निगमों के अलावा शेष नौ नगर निगमों में भी ज्यादा से ज्यादा नागरिक सुविधाएँ देने के लिए अधोसंरचना उन्नयन की अलग से विशेष योजना बनाई जायेगी मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कल मंत्रालय में मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कंपनी के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने प्रदेश के सात नगर निगमों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया है

केन्द्रीय सहायता वित्त मंत्री तरूण भनोत ने केन्द्र सरकार से गौ संवर्धन और गौशालाओं के संरक्षण के लिए एक मुश्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है उन्होंने भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे अतिरिक्त सेस अथवा सरचार्ज से प्राप्त राजस्व संग्रहण को राज्यों के डिवाल्यूशन में सम्मिलित करने का अनुरोध भी किया श्री भनोत नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में प्रदेश का पक्ष रख रहे थे

इस सिलसिले में श्री तोमर ने केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान को पत्र भेजकर आग्रह किया है

जनगणना को लेकर जिले के नागरिकों को जागरुक करने के उद्देश्य से कल जागरुकता रैली का आयोजन किया गया

पारिवारिक विवाद सागर जिले के बीना में जमीन के विवाद में एक ही परिवार के पाँच सदस्यों की हत्या कर दी गई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मनोहर अहिरवार और उसके भतीजे मनोज अहिरवार के बीच मकान की दो फीट जमीन को लेकर विवाद चल रहा था कल रात मनोहर और उसके बेटे ने विवाद होने पर लाइसेंसी बंद्रक से अंधाधुंध गोलीबारी कर दी जिसमे गोलिया लगने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई एक घायल महिला सागर रिफर हुई जिसने रास्ते मे दम तोड़ दिया मानसून दक्षिण पश्चिम मानसुन तेजी से आगे बढ़ रहा है मौसम विज्ञानियों के मुताबिक कल मानसुन ने छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिर्स्से जगदलपुर में प्रवेश कर लिया है मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं

बताया जा रहा है कि मानसून बालाघाट जिले से प्रवेश करेगा इस वजह से प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मानसून पूर्व की गतिविधियों में भी काफी तेजी आ गई है

किकेट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल रात लीड्स में श्रीलंका ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को बीस रन से हरा दिया

उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया